सक्रिय मामलों की संख्या इकहत्तर हजार से अधिक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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाना है आज समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की जयंती पर शुरू हुआ टीका उत्सव भारतीय संविधान के निर्माता डॉ भीमराव आम्बेडकर की जयंती चौदह अप्रैल को सम्पन्न होगा ब्रहस्पतिवार को मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड स्थिति पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने टीका उत्सव का आह्वान किया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में चार दिन के विशेष टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करते हुए सभी देशवासियों से व्यक्तिगत और सामाजिक साफ सफाई रखने की जरूरत पर जोर दिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि टीका उत्सव कोरोना महामारी के खिलाफ दूसरे बडे युद्ध की शुरूआत है उन्होंने आग्रह किया कि कोविड टीको की बर्बादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और जिनकी पात्रता है वे टीका अवश्य लगवाएं प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी की रोकथाम के लिए जरूरी है कि हम खास जरूरत के बिना घर से बाहर न जाए प्रधानमंत्री ने परिवार में सभी को टीका लगवाने की जिम्मेदारी घर की महिलाओं से संभालने की अपील की उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चार दिन के टीका उत्सव में व्यक्तिगत सामाजिक और प्रशासनिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर जन भागीदारी से कोरोना के खिलाफ संघर्ष में बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकेगी टीकाकरण उत्सव चौदह अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के दिन संपन्न होगा

बडी संख्या में लोग इस अभियान में भाग ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में विभिन्न केन्द्रों में जाकर टीकाकरण अभियान का निरीक्षण किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि आज विशेष टीकाकरण अभियान टीका उत्सव राज्य में छः हजार केंद्रों पर चलाया गया और कल यह टीकाकरण आठ हजार केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा उन्होंने कहा कि टीकाकरणकोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को सख्ती से आगे बढ़ाने और प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित करने के अभियान का हिस्सा है मुख्यमंत्री ने कहा कि पैंतालीस वर्ष की आयु से ऊपर के व्यक्ति जिन्होंने अभी तक टीकाकरण नहीं कराया है उन्हें टीकाकरण केंद्र पर अपना पंजीकरण करा कर टीकाकरण अभियान का हिस्सा बनना चाहिए उन्होंने कहा कि टीकाकरण के बाद भी सुरक्षा के उपाय अपनाना बेहद जरूरी है सभी को कोरोना से बचने के लिए दो गज की दूरी मास्क है जरूरी के मंत्र को अपनाने की आवश्कता है एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ चार दिवसीय टीका उत्सव के दौरान राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जन प्रतिनिधियों प्रबुद्ध लोगों और धर्म गुरूओं के साथ ऑन लाइन संवाद भी करेंगे प्रदेश के छः हजार टीकाकरण केन्द्रा पर पैतालीस वर्ष से अधिक आयू वर्ग के लगभग पच्चीस लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है

उन्होंने कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए प्राथमिकता के आधार पर टीका लेना जरूरी है जैसे जैसे केसेज बढ़ रहे हैं हम लोगों को समझने की जरूरत है कि हम कह रहे हैं कि वैक्सीन आपकी जान बचा सकता है अगर डरने की जरूरत है आप इस बीमारी से डरिए वैक्सीन से नहीं वैक्सीन सेफ और काफी इफेक्टिव है

इस अवधि में कोचिंग सेंटर भी बंद रहेंगे उन्होंने मास्क नही लगाने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी तथा निजी टेस्टिंग लैब पूरी क्षमता के साथ कार्य करें उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालो में चिकित्सा कर्मियों मेडिकल उपकरणों जरूरी दवाइयों तथा आक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता बनायी रखी जाये उन्होंने कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित जनपदों लखनऊ कानपुर नगर वाराणसी तथा प्रयागराज में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी रणनीति बनाकर कार्य करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने बताया कि लखनऊ के तीन निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया गया है उन्होंन बताया कि जिन जनपदों में सौ या उससे अधिक कोरोना के मामल मिल रहे हैं ऐसे जनपदों में रात्रि कालीन कर्फ्यू लगाया जाये मुख्यमंत्री ने सभी जनपदो में पीपीई किट मास्क पल्स ऑक्सीमीटर सहित सभी आवश्यक उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा

उन्होंने कहा कि कोविड ने हमें डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के प्रेरणा दी है राज्यपाल आज राजभवन से राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद एवं इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित नार्थ रीजन में प्रतिभाग कर रहे आठ राज्यों के प्रतिनिधियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रही थीं राज्यपाल ने कहा कि एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था नये भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास के महात्वाकांक्षी लक्ष्य को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि शिक्षकों की स्किल को बढ़ाने के लिए लगातार काम करने की जरूरत है

लखनऊ में आज यह जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कल एक दिन में दो लाख से अधिक सैम्पल की जांच की गयी उन्होंने बताया कि प्रदेश में पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के लोगों का कोविड टीकाकरण किया जा रहा है अब तक बहत्तर लाख से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज तथा बारह लाख से अधिक लोगों को वैक्सोन की दूसरी डोज दी जा चुकी है उन्होंने बताया कि इस समय विशेष सावधानी बरतनी की आवश्यकता है क्योंकि संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है इसलिए टीकाकरण के बाद भी कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी है

ट्रक में सवार लोग आगरा जनपद के रहने वाले थे और ये सभी एक निजी समारोह में शामिल होने के लिए इटावा जा रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के आश्रितों को दो दो लाख रूपये की मदद की घोषणा की है और जिला प्रशासन को घायलों का बेहतर इलाज कराने के निर्देश दिये हैं

महात्मा फुले को महान परोपकारी विचारक दार्शनिक और लेखक बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि ज्योतिबा जीवन पर्यन्त महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध रहे श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक सुधारों के प्रति महात्मा फुले का समर्पण और प्रतिबद्धता आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि देश में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलने का श्रेय महात्मा फुले को जाता है उन्होंने भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव समाप्त करने में भी महत्वपूर्ण योगदान किया

इस दिवस का आयोजन पार्किंसन के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से किया जाता है